झारखंड में कोरोना संकमित स्वस्थ होनेवाले मरीजों की दर पचास प्रतिशत हुई राज्य में आठ हजार नौ सौ इक्यासी मरीज अब भी सक्रिय लातेहार में आपराधिक गिरोह के चार अपराधी गिरफ्तार भारी मात्रा में हथियार बरामद शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी के कॉलेज में इंटर की पढ़ाई के लिए कराया नामांकन भारतीय रेल ने एक बार फिर ट्रेनों को स्थगित करने का फैसला लिया है हालांकि इस दौरान श्रमिक स्पेशल और कई स्थानों से चलनेवाली स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी रेलवे ने पत्र जारी कर बताया है कि ट्रेनों का परिचालन फिलहाल तीस सितंबर तक नहीं किया जाएगा इसके पूर्व रेलवे ने बारह अगस्त तक ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया था

हालांकि मई महीने में रेलवे ने कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू किया था जो अब भी जारी रहेंगी रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे में भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन भारतीय रेलवे द्वारा ही दिया जाता है और इसके लिए किसी भी निजी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया गया है मंत्रालय ने बताया है कि उसे पता चला है कि एवेस्ट्रान इनफोटेक नाम के किसी संगठन ने प्रमुख अखबारों में एक विज्ञापन दिया है जिसके अनुसार भारतीय रेलवे में ग्यारह साल के अनुबंध पर आठ श्रेणियों के पांच हजार दो सौ पचासी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं राज्य में कोरोना वायरस के लगभग आधे मरीज स्वस्थ हो गये हैं लेकिन अब भी करीब आधे मरीज सकिय हैं फिलहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अठारह हजार दो सौ पचपन हो गई है वहीं अब तक राज्य में कोरोना संक्रमित नौ हजार उनचास लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में एक बार फिर मरीजों के स्वस्थ होने की दर तेजी से बढने लगी है और यह पचास प्रतिशत पहच गयी है हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर अड़सठ दशलव तीन तीन प्रतिशत है हालांकि पिछले दिनों प्रदेश में स्वस्थ होनेवाले मरीजों की दर पैंतीस प्रतिशत नीचे आज गयी थी इधर सक्रिय मरीजों की संख्या नौ हजार अठाइस है रांची जिले में सबसे अधिक एक हजार चार सौ साठ मरीज स्वस्थ हुए हैं वहीं राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या केवल एक सौ अट्हत्तर ही है

पलामू जिले के छत्तरपूर अनुमंडल क्षेत्र में होम कोरेंटीन में नहीं रहनेवाले सोलह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है छत्तरपुर अंचल अधिकारी की ओर से थाना प्रभारी को पत्र लिख कर निर्देश दिया गया है राज्य के बाहर से आनेवाले मजदूरों को सरकार के निर्देश के अनुसार चौदह दिन होम कारेंटीन में रहना अनिवार्य है लेकिन छत्तरपुर में कई लोग ऐसे पाये गये हैं जो दूसरे राज्य से आने के बावजुद होम कोरेंटीन में रहने की बजाय निर्बाध रूप से सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन कर रहे हैं

राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर सैलुन मालिकों ने आज दुकानों को खोलने के लिए प्रदर्शन किया सैलून मालिकों के अनुसार पांच महीने से दुकाने बंद होने के कारण उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिस ंतरह से जुते और मिठाई दुकानों को खोलने के लिए गाईडलाइन जारी किये गये थे उसी तरह सैलुन दुकानों को खोलने के लिए गाईडलाइन जारी किये जायें सैलुन मालिकों ने दिल्ली और मुम्बई की तर्ज पर सरकार की ओर से सैलुनों को खोलने की अनुमति देने की मांग की

लातेहार पुलिस ने अपराधियों के विरूद्व जारी छापेमारी अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए क्ख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा और अमन साह ग्रुट के चार ग्र्गों को गिरफ्तार किया है अपराधियों के पास से कारबाइन पिस्टल मैगजीन जिन्दा कारतूस और कई मोबाइल बरामद किया गया है लातेहार के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि अपराधियों के जमावड़ा होने कि सूचना पर थानेदार अमित गुप्ता के नेतृत्व में टीम गठित किया गया

झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो राज्य की शिक्षा विभाग के कामकाज के साथ साथ अब पढ़ाई भी करेंगे

बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड अंतर्गत नावाडीह स्थित अपने ही देवी महतो महाविद्यालय में उन्होंने आज नामांकन कराया नामांकन कराने के बाद श्री महतो ने कहा कि अब वे उच्च शिक्षा हासिल करेंगे

झारखंड अधिविद्य परिषद ने दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है जो छात्र एक या एक से अधिक विषयों में असफल हुए हैं वे जैक डॉट झारखंड डॉट गॉव डॉट इन पर आनलाइन कर सकते हैं कक्षा दसवीं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पच्चीस अगस्त है जबकि बारहवीं के लिए छब्बीस अगस्त तक है फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरूआत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं दवाई खाकर किया है राज्यभर में आज से बीस अगस्त तक चलनेवाले अभियान की शुरूआत स्वास्थ्य मंत्री ने जमशेदपुर स्थित अपने आवास से किया स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डीईसी और अलबेंडाजोल का टैबलेट खिलाने की शुरूआत की इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभाग को यह सुनिश्चित करना है कि इस अभियान से हर घर को जोड़ा जाए ताकि झारखंड फाइलेरियामुक्त हो सके इस अभियान में तीन दिन चिन्हित बूथ और तीन दिन घर घर जाकर लोगो को दवा उपलब्ध करायी जाएगी कोरोना संकमण के मददेनजर कंटेंनमेंट जोन में दवा का वितरण नहीं किया जाएगा

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर आज रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के मुख्य समारोह स्थल का निरीक्षण करने सिद्वो कान्हू मैदाने पहुंचे उन्होंने जिला के कई अधिकारियों के साथ कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी ली

लातेहार जिले के एक सौ सतासी आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल रूप दिया जाएगा सीसीएल और लातेहार जिला प्रशासन के बीच आज इसे लेकर एक समझौता हुआ है इसके तहत जिले के एक सौ सड़सठ आंगनबाड़ी केन्द्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा इसे लेकर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रीति सिन्हा और सीसीएल की ओर से महाप्रबंधक एके सिंह ने एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये

संक्षिप्त खबरें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे और राजेश गुप्ता छोटू ने कहा है कि बिजली विभाग और केबुल कंपनी की लापरवाही से राज्य में निरंतर दुर्घटनाओं पर अंक्श लगाने की मांग को लेकर चरणबद्व आंदोलन चलाया जा रहा है उन्होंने बताया कि तेरह अगस्त से लापरवाह अधिकारियों के घर के बाहर सोशल मीडिया के माध्यम से पोल खोल आंदोलन की शुरुआत की जाएगी खूंटी जिले में कोरोना के बचाव के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं

पलामू जिले में चौंसठ नये मामले सामने आने के साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या सात सौ छियासठ हो गयी है